मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आदिवासी जिले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में अच्छा मतदान हुआ है वहीं टोंक सीकर झंझनूं और जालौर समेत कुछ अन्य जिलों में मतदाताओं में अधिक उत्साह नजर नहीं आया

कई मतदान केन्द्रों पर ऐसे युवा मतदाता भी पहंचे जिन्हें पहली बार मतदान करने का अवसर मिला है टोंक जिले में ऐसी ही मतदाता ज्योति ने अपने अनुभव कुछ इस तरह व्यक्त किये

जयपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री बिडला ने कहा कि चर्चा वाद विवाद सहमति असहमति लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं गुजरात के केवड़िया में आयोजित हुये विधानसभाओं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का जिक करते हुए श्री बिडला ने कहा कि सदन में कम से कम व्यवधान हो इसके लिये नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है

अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिये आंदोलन की आवश्यकता है

कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने अंगदान को बढ़ावा देने संबंधी पोस्टर का विमोचन भी किया मुख्यमंत्री ने आज ग्लोबल रिन्युबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एण्ड एक्सपो री इन्वेस्ट को भी संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं है

आज एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा पिछले दिनों किये गये बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट पर अनर्गल बयान देकर जनता में भय पैदा करने की कोशिश की है जो दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि राज्य में कोरोना की रोकथाम और उपचार के बेहतरीन उपाय किये है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महामारी के दौर में जनता की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री के आरोप को बेबुनियाद बताया है श्री पूनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार दो साल में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है अपनी कमजोरियों छुपाने के लिए मुख्यमंत्री राजनीतिक बयानबाजी कर रहे है

श्री मोदी अहमदाबाद में दवा कंपनियों जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ अंडिया का दौर करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संकमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुंच रहे है प्रधानमंत्री का यह दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण है

जयपुर और जोधपुर में दो दो लोगों की जान गयी है

राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि पुस्तकें बौद्धिक स्तर पर विद्यार्थियों को संपन्न ही नहीं करती बॅल्कि लगातार नये ज्ञान प्राप्ति के लिए भी प्रेरित करती है उन्होंने कहा कि पुस्तकीय अध्ययन से हमारी विचार प्रक्रिया को गति मिलती है श्री मिश्र आज राजभवन से कोटा विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय और अकादमिक भवन संविधान पार्क कन्या छात्रावास और रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के ऑनलाइन लोकार्पण समारोह में संबोधित कर रहे थे उन्होंने संविधान पार्क को विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि इनकी स्थापना से लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता आएगी

केन्द्र ने कहा है कि सोशल और डिजिटल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है जबकि यह फर्जी खबर है केन्द्र ने यह भी कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं